प्रदेश में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मानसून पहुंचने की संभावना

संयुक्त सचिव स्तर के दस पदों के लिए अधिसूचना जारी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगातार बारहवें दिन कमी दर्ज की गयी है पेट्रोल के दाम में चौबीस पैसे और डीजल के दाम में अठारह पैसे प्रति लीटर की कमी हुई है पिछले बारह दिनों के दौरान पेट्रोल एक रुपये पंद्रह पैसे और डीजल एक रुपये इक्कीस पैसे प्रतिलीटर सस्ता हुआ है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि प्रदेश में तम्बाकू को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से केन्द्र सरकार को कोई पत्र नहीं भेजा गया है श्री पाण्डेय ने कहा कि राज्य सरकार जागरूकता के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण के कई कार्यक्रम चला रही है और यही कारण है कि प्रदेश में तम्बाकू का सेवन करने वालों की संख्या में अठाईस प्रतिशत तक की कमी आई है उन्होंने कहा कि छह वर्ष पूर्व प्रदेश में चौवन प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते थे जो अब घट कर छब्बीस प्रतिशत पर आ गया है श्री पाण्डेय ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक कर खुद उन्हें इसके सेवन से रोका जाए प्रदेश में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मानसून पहुंचने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार मानसून पहले पूर्वी बिहार पहुंचेगा जिसके बाद सोलह जून तक एक समान रूप में पूरे प्रदेश में फैल जाएगा मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने जानकारी दी है कि मानसून की रफ्तार समय से तीन दिन पहले चल रही है और पटना में पहली मानसूनी वर्षा कल या परसों तक होने की संभावना है विभाग ने कहा है कि सोलह जून तक प्रदेश के सभी हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है इधर प्रदेश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इकतालीस डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ पटना प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा गया का अधिकतम तापमान उनतालीस दशमलव चार भागलपुर का उनतालीस दशमलव छह और पूर्णियां का अड़तीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गयी झाझा में सबसे अधिक पांच सेंटीमीटर डेहरी और गया के टेकारी में तीन तीन तथा बांका में दो सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के परिणाम घोषित कर दिए हैं पंचकूला के प्रणब गोयल ने तीन सौ साठ अंकों में से तीन सौ सैंतीस अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया कोटा के साहिल जैन ने दूसरा और दिल्ली के कैलाश गुप्ता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है जाने माने शिक्षक आनंद कुमार के सुपर थर्टी बैच से छब्बीस परीक्षार्थियों को सफलता मिली है वहीं अभ्यानंद सुपर थर्टी के नौ छात्रों का चयन हुआ है इस वर्ष एक लाख पचास हजार छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था

परीक्षा के परिणाम के बाद शुक्रवार से सीटों को आवंटन शुरू हो जाएगा नीट और जेईई में उत्तीर्णता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की इंटरमीडिएट की कॉपियों की स्क्रूटनी प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव अनुप कुमार सिन्हा ने बताया कि इसके लिए बोर्ड की वेबसाईट पर परीक्षार्थियों को नीट और जेईई से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करानी होगी इधर इंटर परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियों को लेकर आज भी परीक्षार्थियों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण मध्बनी समेत कई जगहों पर छात्रों ने सड़क जाम कर विरोध जताया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग और इंटर तथा मैट्रिक परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों के विरोध में जन अधिकार पार्टी के रेल चक्का जाम आंदोलन के कारण कई घंटों तक रेल यातायात प्रभावित हुआ बंद समर्थकों ने पटना हाजीपुर सासाराम जहानाबाद खगड़िया मधेप्रा सहरसा मधुबनी समेत अन्य रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनों को रोक कर प्रदर्शन किया पार्टी के संरक्षक और सांसद पप्पू यादव को समर्थकों के साथ राजेन्द्र नगर टर्मिनल पर हिरासत में लिया गया अन्य जगहों पर भी प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में लिये जाने की खबर है अभी रेल परिचालन लगभग सामान्य हो गया है केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रशासनिक सेवा के दरवाजे अब निजी क्षेत्र के कर्मियों के लिए भी खोल दिये हैं सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर के दस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं राजस्व वित्तीय सेवाएं आर्थिक मामले कृषि वाणिज्य और नागरिक उड्डयन विभागों के लिए आवेदन मांगे गए हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर तीन से पांच वर्ष के लिए की जाएगी

इसके अलावा किसी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में समान पदों पर काम करने वाले तथा अनुभव रखने वाले अधिकारी भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं

सामान्य तौर पर इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्त किए गए अधिकारियों के जरिये भरा जाता है प्रदेश में शराब की तस्करी को रोकने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों की सेवा ली जाएगी सीआईडी के अपर प्रलिस महानिरीक्षक विनय कुमार ने बताया कि तेलंगाना से बीस कुत्ते मंगवाये जा रहे हैं जो शराब की गंध सूंघने में माहिर होंगे उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षित कुत्तों को चारों पुलिस जोन पटना मुजफ्फरपुर दरभंगा और भागलपुर भेजा जाएगा श्री कुमार ने कहा कि यदि यह परियोजना सफल होती है तो कुत्तों की संख्या बढ़ाई जाएगी सीपीआई एमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने केन्द्र और राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है आज पटना में पार्टी के एकदिवसीय राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भहाचार्य ने कहा कि किसानों के सवाल पर तेईस जून को पार्टी प्रदेश भर में चक्का जाम आंदोलन करेगी

पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के विक्रमशिला स्टेशन के पास रेलवे की सुरक्षा दीवार निर्माण के दौरान मिट्टी धँसने से दो मजदूरों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया मूजफ्फरपूर जिले के औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत शाही मीनापूर गांव में दो बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गयी वहीं रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के घोसिया गांव में स्नान करने के दौरान तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गयी पश्चिम चंपारण जिले के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत नैनाहा ढाला के पास एक तस्कर को डेढ़ किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है वहीं जिले के धनहा से पुलिस ने छापेमारी कर तीस बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जमुई जिले के चकाई प्रखंड में शिक्षक नियोजन में हुई अनियमितता के मामले में सात पंचायत सचिवों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है

और अब अंत में मुख्य समाचार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बारहवें दिन भी गिरावट

प्रदेश में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मानसून पहुंचने की संभावना

संयुक्त सचिव स्तर के दस पदों के लिए अधिसूचना जारी